चूरू में भी प्रशासन द्वारा कर्फ्यू में ढील दी गई है गृह मंत्रालय ने द्वकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत कृछ श्रेणियों की दूकानें खोलने का फैसला किया है आदेश में कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र और नगर पालिका सीमा से बाहर के बाजार परिसरों में स्थित द्वकानों को संशोधित लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट रहेगी सरकार ने निगम क्षेत्रों के आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों सहित आसपास के क्षेत्रों की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी है

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित मॉल की दूकानें तीन मई तक बंद रहेंगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे

राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के बाद जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कोचिंग संस्थानों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है इसके लिए विद्यार्थी सम्बन्धित उप जिला कलेक्टर से संपर्क कर सकते है

इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे को कल यह जानकारी दी गई

उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी के दौरान यह सामान्य लोगों की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है

इसके माध्यम से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर रहे हैं